राज्यसभा चुनाव निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है

कोरोना वायरस के चलते इन चुनावों की प्रक्रिया मार्च के अंतिम सप्ताह में स्थगित कर दी गई थी उल्लेखनीय है कि इन चुनावों के लिए भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुमेर सिंह सोलंकी कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और फूलसिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है अर्थव्यवस्था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में किसानों और मजद्रों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिये जाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हुई एक बैठक में कहा कि किसानों को गेहूं उपार्जन के भुगतान फसल बीमा राशि बड़ी संख्या में मजदूरो को मनरेगा से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी गेहूं उपार्जन की समीक्षा करते हए श्री चौहान ने निर्देश दिये कि किसानों को उपज खरीदी का भुगतान शीघ्र सुनिश्चत किया जाये इसके साथ ही परिवहन और भण्डारण की व्यवस्था भी प्रभावी ढेंग से की जाये ताकि उपज का सुरक्षित रख रखाव हो सके आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दिन में ही तीन हजार दो सौ करोड रूपये के ऋण बिना किसी जमानत के दिये हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया है कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन तीन हजार से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ये ऋण मंजूर किये गये इससे ये उद्योग अपने कर्मचारियों को वेतन देने किराए का भुगतान करने और कच्चे माल का भंडार बनाने में मदद मिलेगी

वहीं बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं

वहीं सिवनी से राहत भरी खबर है कि जिले के कारीरात गॉव में कल एक युवक के स्वस्थ हो जाने के बाद अब सिवनी कोरोना मुक्त हो गया है

जिले में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है

देवास में तीन दिन बाद तीन नये मरीज मिले हैं

जागरूकता अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए निरन्तर जागरूकता अभियान चलार्ये जाने के निर्देश दिये हैं कल भोपाल में कोरोना नियंत्रण प्रयासों की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के नियंत्रित करने में निरन्तर सफलता मिल रही है इसके बावजूद इसके नियंत्रण के लिए पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है उन्होंने इस अभियान में एनसीसी एनएसएस और जन अभियान परिषद के साथ ही कम्युनिटी लीडर्स को शामिल किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि एक ऐसी फौज तैयार की जानी चाहिए जो कोरोना वायरस से बचाव के सभी उपायों की जानकारी सरल तरीके से लोगों तक पहुॅचा सके

भोपाल में कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर शहर में अधिकांश दुकाने खुल गयी हैं कल यहां शहर में कई दिनों बाद काफी चहल पहल नजर आई हांलांकि सार्वजनिक परिवहन सेवा से संबंधित वाहन अभी नहीं चल रहे हैं उधर इंदौर शहर में कुछ शर्तों के साथ बाजार खुले उज्जैन देवास धार खरगोन शाजापुर आगरमालवा नीमच मंदसौर रतलाम और पश्चिमी हिस्से के अन्य जिलों में भी कंटेनमेंट क्षेत्र के अलावा वाले हिस्सों में बाजार गुलजार होने लगे हैं उधर राजगढ़ में कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मंदसौर में भी कल से बाजार खोल दिये गये हैं जिला प्रशासन ने दुकानदारों से खराब हो चुकी सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिये हैं वहीं राज्य के बुंदेलखंड विंध्य और महाकौशल अंचल के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन फोर के दौरान ही काफी रियायतें मिल गयी थीं हालाकि और ढील मिलने के कारण अब चहलपहल काफी देखी जा रही है टीकाकरण अभियान इंदौर षहर में शिशुओं और गर्भवती माताओं के टीकाकरण के लिए विषेष अभियान चलाया जा रहा है

जिला प्रषासन ने इन टीकाकरण केंद्रों पर आने वाले सभी अभिभावकों के लिए मास्क अनिवार्य किया है वहीं सभी केंद्रों को सेनेटाइजर की व्यवस्था रखने के निर्देष दिए गए हैं ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनधारकों को कम्यूटेड पेंशन का भुगतान करने के लिए एक सौ पांच करोड़ रुपये के बकाया सहित आठ सौ अड़सठ करोड रूपये जारी किये हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है

इससे पहले कम्यूटेड पेंशन की बहाली का प्रावधान नहीं था और पेंशनधारकों को कम पेंशन मिलती थी मंत्रालय ने इसे कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनधारकों के लाभ पहुंचाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है

यह रथ गॉव गॉव पहॅचकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा